कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज द्री है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मूंह साफ रखें

देशवासियों को नव वर्ष की श्भकामनाएं देते हूए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने नया दृष्टिकोण अपनाया है और अलग पथ पर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि आज श्रू की जा रही छह लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे देश के नौजवानों को यह सीखना होगा कि तकनीक में अपनी आवश्यकता के अन्सार कैसे बदलाव किया जा सकता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक आशा इंडिया के तहत विजेताओं की भी घोषणा की साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाई य् मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक प्रस्कार भी प्रदान किए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में ऊधमसिंह नगर जिले की नगर पंचायत दिनेशप्र को उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया यह प्रस्कार प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री दवारा वर्च्अल मोड में प्रदान किया गया है इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिलाधिकारी रंजना राजग्रु भी उपस्थित रहीं उन्होंने नगर पंचायत दिनेशप्र को सम्मान मिलने पर ख्शी जताई उन्होंने कहा कि अब नगर पंचायत की जिम्मेदारी और बढ़ गई है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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और इससे जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना है

बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को प्रा करने का निर्देश दिये अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उददेश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके उन्होंने राज्य के अधिकारियों दवारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया

इस बीच चमोली जिले में नये साल के पहले दिन कोरोना को कोई केस नहीं आया है

केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है हल्दवानी में संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी राजीव मेहरा ने यह जानकारी दी पेंट माय सिटी हरिदवार कुम्भ मेले के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पेंट माय सिटी कैंपेन का श्भारंभ किया इसके तहत धार्मिक पौराणिक चित्रों की पेंटिंग कर सजावट का काम किया जा रहा है कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कंभ मेले में सजावट कार्य का प्रम्ख उद्देश्य हरिद्वार ऊतराखण्ड और भारतीय संस्कृति को देश और द्रनिया के सामने प्रस्त्त करके कुम्भ मेला के महत्व को स्थापित करना है

पेंटिंग के माध्यम से इनको अधिक आकर्षक रूप दिया जाएगा भूमिगत सुरंग टिहरी जिले में ऑलवेदर मोटरमार्ग के तहत बीआरओ ने चंबा शहर के नीचे पहली भूमिगत स्रंग का निर्माण कार्य लगभग प्रा कर लिया है इस भूमिगत स्रंग का जल्द उद्घाटन होने की संभावना है स्रंग बनने से चंबा बाजा के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को जाम की स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा

टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कार्य प्रा होने के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा

बागनाथ समेत जिले के अन्य मंदिर में श्रद्धाल्ओं ने पूजा अर्चना की और स्ख समृद्धि की कामना की बागेश्वर में नए वर्ष के पहले दिन न्माइशखेत स्थित ओपन जिम नगरपालिका ने गरीब य्वाओं को समर्पित किया यह ओपन जिम निश्ल्क सेवा है भविष्य में इसे और अधिक बेहतर बनाया जाएगा

युवा महोत्सव देहरादून में आज से राज्य स्तरीय य्वा महोत्सव श्रू हो गया है महोत्सव में प्रदेश के सभी जिलों से आयी टीमों ने प्रतिभाग किया है आज लोकनृत्य और शास्त्रीय वादन प्रतियोगिता हई लोकनृत्य प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की टीम को पहला स्थान मिला है चंपावत द्रसरे और उधमसिंह नगर की टीम तीसरे स्थान पर रही शास्त्रीय वादन प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के प्रियांश कापड़ी प्रथम स्थान पर रहे चंपावत के अंकित जोशी ने द्सरा और देहरादून के आय्ष्मान मिश्रा और अल्मोड़ा के सूंदर गिरी ने तीसरा स्थान हासिल किया पर्यटक नव वर्ष मनाने के लिए प्रदेश के पर्यटक स्थलों में बड़ी संख्या में सैलानी पहंचे हैं मसूरी नैनीताल सहित पर्वतीय जिलों के रमणीय स्थलों का नजारा बेहद ख्बसूरत नजर आ रहा है अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से कई चोटियों पर बर्फ दिखाई दे रही है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हई है उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी भी पर्यटकों को अपनी ओर आर्कषित कर रही है